दो दिन तक लगने वाले इन शिविरों में पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे विभाग के रजिस्ट्रार राजन विशाल ने बताया कि पात्र किसानों की सूचियां चस्पा हो चुकी हैं उन्होंने बताया कि पात्र किसानों को प्रमाण पत्र देने के साथ ही नये ऋण के लिये आवेदन भी लिया जायेगा

प्रदेश में किसान संगठनों की ओर से चलाया जा रहा आंदोलन कल तीसरे दिन भी जारी रहा जिसके कारण शहरों में सब्जियों और दूध की आपूर्ति पर असर पडा है एजेंसी के अनुसार किसानों के गांव बंद आंदोलन के कारण फल सब्जियों और दूध की शहरों में आवक कम होने से इन वस्तुओं के दाम बढ़ गये है राजधानी जयप्र में अधिकांश मंडियों में सब्जियों की आवक कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है जयपुर की मुहाना मंडी में आम दिनों की तुलना में करीब डेढ़ सौ गाड़ियां कम आई राष्ट्रपति भवन में आज से राज्यपालों और उप राज्यपालों का दो दिन का सम्मेलन शुरू हो रहा है सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मेलन की शुरूआत राष्ट्रपति के उदघाटन भाषण से होगी इसके बाद अलग अलग सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चो होगी

राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि फसलों के उत्पादन और बाजार की मांग का समय पूर्व आकलन किया जाना चाहिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए एक तन्त्र विकसित किया जाये जो किसानों को यह बताये कि कौन सी फसल कितने क्षेत्रफल में बोई जाये श्री सिंह ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए कृषि अर्थशास्त्र को विकसित किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस स्मार्ट विद्या के विकास के लिए राज्य सरकारों को प्रयास करने होंगे सरकारी और निजी बैंकों के शीर्ष अधिकारी आज नई दिल्ली में एक बैठक में बढ़ती गैर निष्पादित परिसम्पत्ति एनपीए और बैंक धांधलियों पर जानकारी देंगे यह बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के कहने पर बुलाई गई है गौरतलब है कि पिछले दिनों आरबीआई की ओर से कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए केन्द्रीय बैंक के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है पर्यावरण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कल विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर में रन फॉर एनवायरमेन्ट रैली निकाली जायेगी

रैली में राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सेना और पुलिस के जवान एनसीसी के कैड़िटस स्काउट और गाईड़स के छात्र छात्राएं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के छात्र एन जीओ और जयपुर शहर के आमजन भाग लेंगे गौरतलब है कि इस साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गयी है इससे पहले कल राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढाने के लिये बाड़मेर और प्रतापगढ़ में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया महिला और बाल विकास मंत्री अनिता भदेल ने कल अजमेर शहर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत एक सौ दो महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिया जा रहा है योजना के तहत केन्द्र सरकार पांच करोड़ पात्र परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी प्रदेश में इस साल के उद्योग रत्न पुरस्कारों में विभिन्न श्रेणियों में चौदह पुरस्कार दिये जायेंगे उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि उद्योग रत्न पुरस्कारों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की प्रत्येक श्रेणी में चार चार पुरस्कार दिए जाएंगे इसके साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों और बुनकर वर्ग में से एक एक पुरस्कार दिया जाएगा पुरस्कार स्वरुप एक एक लाख रुपए नकद प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा

आबकारी विभाग ने अजमेर जिले के किशनगढ़ में शराब का अवैध परिवहन करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर बीस लाख रुपये की शराब जब्त की है आबकारी पुलिस के अनुसार कल किशनगढ़ चौकी के पास नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें अंग्रेजी शराब के कार्टन बरामद हुए यह शराब पूना ले जाई जा रही थी